लोकसभा ने कल वित्त विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने जोर देकर कहा कि विधेयक के सभी प्रस्तावों से मध्यम वर्ग और ईमानदार कर दाताओं को लाभ होगा उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की कि वे किसानों से जुड़े आंकड़ों को जारी करें ताकि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत उनके खातों में जल्दी से जल्दी सहायता राशि डाली जा सके मौजूदा सत्र के दौरान राज्यसभा में मात्र दो विधेयक ही पारित हुए हैं आम चुनाव से पहले संसद के दोनों सदनों का आज अंतिम कार्य दिवस है सरकार आज महत्वपूर्ण लंबित विधेयकों को सदन की मंजूरी दिलाना चाहेगी लघु उद्योग सुक्ष्म लघ् और मझौले उद्योग राज्यमंत्री गिरीराज सिंह ने कहा है कि उनका मंत्रालय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को इस सेक्टर में सक्रिय अन्य वर्ग के उद्यमियों के बराबर लाने को इच्छ्क है वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति केन्द्र योजना के अन्तर्गत इस सेक्टर को वित्तीय पोषण पर क्षेत्रीय सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे सम्मेलन का उद्देश्य वित्तीय खाई को पाटने में बैंकों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के सामने चुनौतियों और वर्तमान योजनाओं को लागू करने के लिए उठाये गए कदमों पर चर्चा करना है

यह अवार्ड भारत सरकार के शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा दिये जाते हैं नगरीय विकास और आवास मंत्री जयवर्द्वन सिंह ने इस उपलब्धि के लिए भोपाल और उज्जैन स्मार्ट सिटी के स्टॉफ को बधाई दी है

वहीं उज्जैन को बेस्ट डिजिटल पेमेंट इनोवेटर और फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्ट सिटी फोकसिंग ऑन डिजिटल पेमेंट्स केटेगरी में भी अवार्ड के लिये चयनित किया गया है दंत चिकित्सक श्रम मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने कहा है कि प्रदेश के हर सरकारी अस्पताल में दंत चिकित्सक और दंत शल्य विशेषज्ञ की पद स्थापना की जायेगी इसके लिये तेजी से प्रयास किये जा रहे हैं श्री सिसोदिया कल भोपाल के ऋषिराज डेंटल कॉलेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने चिकित्सा कार्य को मानव सेवा का कार्य बताते हए कहा कि इसमें समर्पण का भाव होना जरूरी है उन्होंने कहा कि जिन डॉक्टरों ने हाल ही में डिग्री हासिल की है उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचकर मानव धर्म का निर्वहन करना चाहिये ऐसा करने पर उन्हें अपने व्यवसाय में और अधिक दक्षता हासिल होगी

उच्च शिक्षा मंत्री ने यह बात कल उज्जैन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही

अंशकालिक संवाददाता आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं

प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है मुख्य सचिव एस आर मोहंती ने कल वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा श्री मोदी की यात्रा के संबंध में सुरक्षा और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की इंदौर संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव डीआईजी धर्मेन्द्र चौधरी सहित अन्य संबंधित अधिकारी बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री की इंदौर एयरपोर्ट में ट्रांजिट विजिट रहेगी कल एसपीजी की टीम इंदौर आकर इस संबंध में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देगी उधर धार में कलेक्टर दीपक सिंह और पुलिस अधीक्षक बीरेन्द्र कुमार सिंह ने कल हेलीपेड स्थल का अवलोकन किया और हेलीपेड निर्माण का कार्य पूर्ण कराने के निर्देष लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए कलेक्टर श्री सिंह ने षासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मैदान पर आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देष दिए

शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभियान की प्रतिदिन मॉनीटरिंग भी की जा रही है

संगीता गोस्वामी अपने साथियों के साथ मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगी इसके बाद सुप्रसिद्ध उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला वादन होगा

समारोह में होने वाले कार्यक्रमों में नाट्य प्रस्तुति के अलावा अन्य कार्यक्रमों में प्रवेश निःशुल्क है

इस वर्ष यह कार्यक्रम प्नासा विकासखंड के ग्राम मोरटक्का में मनाया जायेगा इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को रेडियो पर प्रसारित होने वाले किसानवाणी कार्यक्रम के द्वारा दी जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताया जायेगा मौसम प्रदेश में पिछले चार दिन से पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिली है जहां दिन में तेज धूप की वजह से तापमान में इजाफा हुआ है हालांकि भोपाल समेत राज्य के कई जिलों में रात में अभी भी ठंडक महसूस की जा रही है प्रदेश में कल सबसे कम तापमान खजुराहो में पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग ने हवाओं रूख दक्षिणी होने से दिन और रात के तापमान में बढ़ोत्तरी होने का अनुमान जताया है मौसम विभाग के अनुसार कल से मौसम में फिर बदलाव हो सकता है यहां प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं